इसमें से प्रति लीटर एक रुपये का भार तेल कंपनियां वहन करेंगी जबकि डेढ़ रुपये की कटौती पेट्रोल और डीजल के उत्पाद कर में की जाएगी केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली ने आज नई दिल्ली में संवाददाताओं के साथ बातचीत में कहा कि सरकार सभी राज्यों को लिखकर पैट्रोल और डीजल पर लगने वाले उनके हिस्से के करों में कटौती करने को कहेगी उन्होंने आशा व्यक्त की कि राज्य भी केंद्र की तरह ईंधन पर अपने करों में कटौती करेंगे पैट्रोल डीजल इस बीच राज्य सरकार ने भी आज बड़ा फैसला लेते हुए पैट्रोल व डीजल का मूल्य में ढ़ाई रूपए प्रतिलीटर कम करने का निर्णय लिया है जिससे प्रदेश में अब पैट्रोल व डीजल पांच रूपए प्रतिलीटर सस्ता मिलेगा मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में शिमला में आयोजित एक बैठक में ये निर्णय लिया गया मुख्यमंत्री ने कहा कि आम लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए प्रदेश सरकार ने पैट्रोल व डीजल पर वैट ढ़ाई रूपए प्रतिलीटर कम करने का फैसला लिया है मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से हिमाचल में अन्तर्राष्ट्रीय मानकों को पूरा करने वाला रक्षा हवाई अड्डा बनाने का आग्रह किया है नई दिल्ली में प्रधानमंत्री से मुलाकात के दौरान आज उन्होंने बताया कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा मंडी जिले के नागचला में किए गए सर्वेक्षण में यहां तीन हजार चार सौ बीघा से अधिक जमीन को अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए उपयुक्त पाया है जयराम ठाक्र ने कहा कि मंडी हवाई अड्डा रक्षा व नागरिक जरूरतों को पूरा करने में मदद करेगा और इससे प्रदेश में पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को मॉनसून के दौरान भारी बारिश से हुए नुकसान की विस्तृत जानकारी दी और मुआवजे के तौर पर अंतरिम राहत पैकेज की मांग भी की प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सभी मांगों को ध्यानपूर्वक सुना और उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया इस बीच मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कल शाम नई दिल्ली में स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्री जेपीनड्डा से भेंट की उन्होंने केंद्रीय मंत्री को प्रदेश में स्वास्थ्य क्षेत्र की विभिन्न परियोजनाओं और कार्यकमों की प्रगति से अवगत करवाया जयराम ठाकुर ने बिलासपुर में एम्स के निर्माण के लिए मंत्रालय की ओर से लंबित औपचारिकताओं को पूरा करने का आग्रह किया ताकि इसका कार्य जल्द शुरू किया जा सके

मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री को बताया कि प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री राज्य स्वास्थ्य देखभाल योजना भी कार्यान्वित कर रही है जिसके तहत एक लाख से अधिक परिवारों को लाभ मिलेगा

विकास के रंग बापू के संग विषय पर आयोजित इस प्रदर्शनी का शुभारम्भ मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने किया इस मौके पर उन्होंने कहा कि प्रदर्शनी के माध्यम से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जीवन और शिक्षाओं से बहत कुछ सीखने को मिलता है प्रदर्शनी के दौरान मुख्यमंत्री ने नशे की बढ़ती प्रवृति को रोकने के लिए कड़े कदम उठाए जाने की बात भी कही प्रदर्शनी के दौरान फील्ड आउटरीच ब्यूरो के कलाकारों द्वारा सांस्कृतिक कार्यकम का आयोजन भी किया गया फील्ड आउटरीच ब्यूरो की अतिरिक्त महानिदेशक सुश्री देवप्रीत सिंह महापौर कुसुम सदरेट व उपमहापौर राकेश शर्मा भी इस अवसर मौजूद रहे महेन्द्र सिंह सिंचाई व जनस्वास्थ्य मंत्री महेन्द्र सिंह ठाकुर ने कृषि वैज्ञानिकों और सेवा निवृत्त प्रशासनिक अधिकारियों से पर्वतीय क्षेत्रों में सत्त विकास के साथ बेहतर कृषि जलवायू परिवर्तन और अच्छी उपज पर गहन चिंतन करने का आहवान किया है सोलन जिले के एक निजी विश्वविद्यालय में सत्त पर्वतीय विकास सम्मेलन का शुभारंभ करने के बाद कल उन्होंने ये बात कही महेन्द्र सिंह ठाकुर ने कहा कि हिमालयी क्षेत्रों में विविध जलवायुगत परिस्थितियों व बदलते उत्पादक क्षेत्रों के अनुसार कृषकों और बागवानों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है उन्होंने कहा कि प्रदेश में शून्य लागत प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है और हिमाचल को जैविक राज्य बनाने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं सुरेश भारद्वाज शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने आज सिरमौर जिले के राजकीय महाविद्यालय ददाहू में कक्षाओं का विधिवत श्भारंभ किया इस अवसर पर उन्होंने कहा कि महाविद्यालय में प्राध्यापकों की नियुक्ति कर दी गई है ताकि विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित न हो सुरेश भारद्वाज ने बताया कि प्रदेश सरकार ने पिछले छः माह के दौरान तीन हजार से अधिक विभिन्न श्रेणियों के अध्यापकों के पदों को भरा है उन्होंने कहा कि विद्यालयों में जल्द ही स्मार्ट वर्दी योजना शुरू की जाएगी जिसके लिए नागरिक आपूर्ति निगम को वर्दी खरीदने के निर्देश दिए गए हैं शिक्षा मंत्री ने नाहन के एसडीएम को कॉलेज भवन के निर्माण के लिए जल्द भूमि का चयन करने के निर्देश भी दिए मुख्य न्यायाधीश न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत प्रदेश उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश होंगे राज्यपाल आचार्य देवव्रत कल राजभवन में उन्हें पद व गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे कार्यशाला राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने कहा है कि समाज में परिवर्तन लाने के लिए रचनात्मक व सकारात्मक सोच जरूरी है और इस दिशा में जिम्मेवार लोगों के प्रयास महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं वे आज शिमला के समीप नालदेहरा में प्रदेश कारागार व सुधारक सेवाएं द्वारा हिरासत में महिलाओं और न्याय तक पहुंच विषय पर आयोजित दो दिवसीय कार्यशाला के शुभारंभ अवसर पर बोल रहे थे और ब्यौरा हमारे संवाद्दाता संजीव सुंद्रियाल से डिस्पैच राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने कहा कि समाज को शांति समुद्धि व विकास के रास्ते पर आगे ले जाने के लिए विचारों में बदलाव लाना जरूरी है उन्होंने कहा कि अगर व्यक्ति अपने प्रयासों के प्रति ईमानदार है तो वो अपने उद्देश्य को अवश्य पूरा कर सकते हैं राज्यपाल ने कैदियों में सकारात्मक सोच के लिए सही मार्गदर्शन की जरूरत पर बल दिया ताकि वे अपने जीवन में गलत काम करने की विचार धारा से बाहर आकर सामान्य जीवन व्यतीत कर सकें आचार्य देवव्रत ने कारागार व सुधारक सेवाएं विभाग के महानिदेशक सोमेश गोयल द्वारा कैदियों के लिए शिक्षात्मक परियोजनाओं की पहल किए जाने के प्रयासों की सराहना भी की राज्यपाल ने डॉक्टर देव कन्या ठाकुर द्वारा निर्देशित लघु फिल्म बिहाइण्ड द बार्ज का शुभारंभ किया और उन्हें सम्मानित भी किया इस अवसर पर मुख्य सचिव बीके अग्रवाल ने कहा कि प्रदेश सरकार कैदियों को स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी सुविधाएं प्रदान कर रही है ताकि वे सुधार की दिशा में आगे बढ़ सकें उन्होंने कैदियों से सकारात्मक व्यवहार के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों के प्रशिक्षण की जरूरत बताई महानिदेशक सोमेश गोयल ने कैदियों के लिए कार्यान्वित किए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों और योजनाओं की जानकारी दी उन्होंने बताया कि कैदियों को समाज की मुख्य धारा में शामिल करने के उददेश्य से इनके द्वारा तैयार किए गए उत्पादों की बिकी सहित अन्य गतिविधियां करवाई जा रही हैं इस दो दिवसीय कार्यशाला में विभिन्न राज्यों के कारागार विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भाग ले रहे बड़ा भंगाल कांगड़ा जिले के दुर्गम क्षेत्र बड़ा भंगाल पिछले दिनों हुई अचानक बर्फबारी में फंसे चरवाहों का पता लगाने के लिए जिला प्रशासन की एक टीम ने आज भारतीय वाय सेना के हैलीकॉप्टर के जरिए स्थिति का जायजा लिया

उन्होंने बताया कि हैलीकॉप्टर के माध्यम से आज राशन की खेप भी डिपो धारक को उपलब्ध करवाई गई है इस बीच क्षेत्रवासियों ने हैलीकॉप्टर द्वारा राशन पहुंचाने और मरीजों को सेवा उपलब्ध करवाने पर मुख्यमंत्री का आभार जताया है इधर स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार ने कहा कि प्रदेश सरकार भेड पालकों की सुरक्षा व सहायता के लिए कृतसंकल्प है और भेड पालकों को हुए नुकसान की भरपाई की जाएगी

गृहिणी सुविधा योजना का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि ये योजना महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने और स्वच्छ ईंधन का उपयोग बढ़ाने के लिए शुरू की गई है राजीव सैजल सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री राजीव सैजल ने कहा है कि भारत समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से परिपूर्ण देश है जिसकी कीर्ति पूरे विश्व में विद्यमान है शिमला जिले में चौपाल के राजकीय महाविद्यालय नेरवा में आज एक शास्त्रीय व लोकनृत्य युवा उत्सव के शुभारंभ अवसर पर आज उन्होंने ये विचार व्यक्त किए राजीव सैजल ने कहा कि इस तरह के आयोजन से विद्यार्थियों को अपनी सांस्कृतिक प्रतिभा प्रदर्शित करने का अवसर मिलता है उन्होंने युवाओं से देश सेवा के लिए औद्योगिक क्षेत्र सेना कृषि और राजनीतिक क्षेत्र में नए आयाम स्थापित करने का आहवान किया इस अवसर पर विधायक बलवीर वर्मा ने युवाओं से नशा व भ्रष्टाचार से दूर रहने और स्वच्छता अपनाने की अपील की

शांता कुमार सांसद शांता कुमार ने देश में समरसता की कमी को एक बड़ा खतरा बताते हुए भाजपा कार्यकर्ताओं से इस दिशा में आगे आने का आहवान किया है वे आज पालमपुर में कांगड़ा चंबा संसदीय क्षेत्र के अभ्यास वर्ग में भाजपा कार्यकर्ताओं को सम्बोधित कर रहे थे शांता कुमार ने कहा कि राष्ट्र के सर्वांगिण विकास के लिए राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ एक बहुत बड़ी कड़ी है इस दौरान खाद्य आपूर्ति मंत्री किशन कपूर शहरी विकास मंत्री सरवीण चौधरी और स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार सहित अनेक पार्टी पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे

उन्होंने इसे किसानों की बेहतरी की दिशा में उठाया गया बेहतरीन कदम बताया और इसके लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का आभार जताया है

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने खरीफ के बाद रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ौतरी कर किसानों के हितों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है

इस मौके पर उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के खेलो इंडिया कार्यक्रम के तहत बच्चों को ग्रामीण स्तर तक खेलों से जोडा जा रहा है और प्रदेश सरकार भी इस दिशा में विशेष ध्यान दे रही है वीरेन्द्र कश्यप ने कहा कि इस कार्यक्रम में स्थानीय खेल कूद गतिविधयों को भी शामिल किया जा रहा है ताकि ग्रामीण स्तर की खेल कूद प्रतिभा को निखारा जा सकें